स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अवैध तरीके से चल रहे व्यावासयिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी

राष्ट्रपति भवन में आयोजित हाल समारोह में ये राष्ट्रीय प्रस्कार उन महिलाओं महिला समूहों संस्थानों को दिये गये जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए असाधारण् कार्य किया है

कृषक पाडला भूदेनी और बीना देवी को राष्ट्रपति ने नारी शक्ति प्रस्कार से सम्मानित किया

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज ग्रूग्राम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हआ जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ांडा ने शिरकत की मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेसिंग से प्रदेशवासियों को संदेश देते हये कहा कि महिलायें समाज में प्रूषों के समान अधिकार रखती है जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते है तथा देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में महिलाओं का योगदान होता है मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यो की गिनती करवाते हये कहा िक हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जहां बच्चियों के साथ द्ष्कर्म करने वाले के लिए मृत्यू दंड का कानून बनाया गया है श्री मनोहर लाल ने बताया कि दूर्गा एप्प और दूर्गा वाहिनी हरियाणा में श्रू किया है और महिलाओं की स्रक्षा के लिए और एक लाख कैमरे प्रदेश में लगवाये जायेंगे

यम्नानगर की अल्का गर्ग को इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रसकार दिया गया और डेढ़ लाख रूपये का नकद ईनाम भी दिया गया फतेहाबाद की मनीषा को कल्पना चावला शौर्य प्रस्कार तथा एक लाख रूपये का नकद प्रस्कार भेंट किया गया आज ग्रूग्राम में दस महिला खिलाडिय़ों को भी सम्मानित किया गया जिसमें भिवानी की रेनू फरीदाबाद की दिव्या सतिजा हिसार की पिंकी रानी पूजा सलोचना सोनी जींद की रवीना सोनीपत की स्देश और कैथल जिला की पूजा शामिल है भाजपा विधायक सीमा त्रिखा ने आज रोहतक में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं व छात्राओं को सम्मानित किया उधर भिवानी में महिला दिवस पर जेजेपी नेत्री व बा ड़ा विधायक नैना चौटाला ने कहा कि सरकार ने निर्धन परिवारों की गर्भवती महिलाओं में क्पोषण की समस्या को खत्म करने के लिए विशेष योजनायं चलाई है समारोह में दादरी विधायक सोमबीर सांगवान ने कहा कि दादरी जिले में लिंगान्पात में सुधार के लिए महिलाओं को संकल्प लेना होगा

प्रदेश की जेलों में बंद महिला कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने व जेल से बाहर आने पर उन्हें अपनी आजीविका कमाने योग्य व समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिये सक्षम बनाने के लिये हरियाणा के जेल विभाग ने एक नई पहल की है केन्द्रीय कारागार अम्बाला में डीजीपी जेल के सेल्वराज ने आज एक आध्निक फैशन स्टूडियो का उद्घाटन किया

जेल विभाग ने महिला बंदियो को ड्रैस मेकिंग जैसे विषयों में निपृण बनाने के लिये एक विशेष कार्यक्रम श्रू किया है खेल मंत्री संदीप सिंह ने पंचकला में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को कृपोषण को रोकने के लिए संकल्प कराया

यमूना नगर जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डी ए वी कन्या महाविदयालय में शिक्षा मंत्री कवंर पाल ग्र्जर ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया इस अवसर पर हर चीज गुलाबी रंग की रखी गई थी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में अवैध तरीके से चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे मैरिज पैलेस बैक्वेट हॉल पेंईग गेस्ट आदि का सर्वेक्षण करवाया जायेगा और अगर कोई भी प्रतिष्ठान स्रक्षा मानकों का उल्लंघन करते हये पाया गया तो उस पर नियमान्सार कार्यवाही की जायेगी श्री विज ने कहा कि निजी आवासीय छात्रावास नगर निगम नगर परिषद और नगर पालिका की सीमा में अवैध रूप से चल रहे है जिनकी जांच हो

सिरसा के नज़दीक हये सड़क हादसे में आज पंजाब के पांच लोगों की मौत हो गई जबकि चार घायल हो गये ये सभी डेरा सच्चा सौदा सिरसा में नामचर्चा में आ रहे थे पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करते ही गैस के एक टैंकर से इनके वाहन की टक्कर हो गई हादसे में शिकार हये लोग पंजाब के मानसा जिले के ब् लाडा के रहने वाले है मारे गये पांच में चार की पहचान बच्च्आना के ग्रचरण ब् लाडा क बतूराम हरविंदर और म्केश है और पांचवा वाहन चालक बब्बू है ब् लाडा के स्रजीत शमनी जीवन और तरसेम घायल है

आज दोपहर बाद यमुनानगर के नज़दीक कुरूक्षेत्र मार्ग पर एक वाहन ने दो मोटरसाइकिल सवारों और एक को टककर मार दी जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है

महिला दिवस के मौके पर आज एक बेटे दवारा मां की हत्या करने का समाचार है चरखी दादरी जिले के गांव भांडवा में बेटे ने मां की हत्या कर दी

प्लिस प्रवक्ता सूबे सिंग ने बताया कि प्लिस आय्क्त के के राव ने सख़्त हिदायत दी हैं कि जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर कन्ट्रोल रूम मे तैनात स्टाफ दवारा यहां आने वाली हर काल को अटेंड किया जाए